वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक सदन में पेश किया इस विधेयक के पारित होने से मगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने में मदद मिलेगी और करीब एक सौ करोड़ रुपये के आर्थिक अपराध के मामले विघेयक के दायरे में आ जाएंगे

इस संशोधन का उद्देश्य चिट फंड क्षेत्र का सुचारू विकास करना चिट फंड कंपनियों के कामों में आ रही बाघाओं को दूर करना और अन्य वित्तीय विकल्पों तक लोगों की पहुंच बनाना है

श्री प्रभु ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नयी उद्योग नीति भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है इसे उद्योगों के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि नीति में ऐसे उद्योग क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नयी ऊंचाईयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं श्री प्रभु ने कहा कि भारतीय बाजार का आकार बहुत बड़ा है और इसके दोहन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ करने पर विशेष जोर रहेगा

कल राजपा का विलय कर भाजपा में शामिल हुए डॉ किरोडी लाल मीणा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव और मदन लाल सैनी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मंत्रीमण्डल के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किये नामांकन दाखिले होने के साथ ही इन तीनों का राज्यसंभा में जाना लगभग तय हो गया है इन प्रत्याशियों के निर्वाचन के बाद प्रदेश से राज्यसभा की सभी दस सीटों पर भाजपा का कब्जा हो जायेगा

इस बीच इस परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने का फैसला किया गया है

इसके अलावा भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं

उपभोक्ता लैण्डलाइन तथा मोबाइल की सभी सुविधाओं संबंधी जानकारी और समाधान अवकाश के दिन भी प्राप्त कर सकेंगे बीएसएनएल द्वारा प्रमुख स्थानों पर मेले लगाए जा रहे हैं इनमें नया कनेक्शन लेने एमएनपी पोर्ट कराने और इेकेवाईसी सत्यापन का काम करवाया जा सकेगा

इसी के साथ उर्स की अनौपचारिक शुरूआत हो जाएगी

इस दौरान जन्नती दरवाजा भी खोला जाएगा

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् के अतिरिक्त आयुक्त सुरेशचन्द्र ने बताया कि शिक्षा संकुल में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ये लॉटरी निकालेंगे

जयपुर आये इंदिरागांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली के वरिष्ठ शिक्षाविदों के दल ने डॉटर्स आर प्रेशस अभियान की सराहना की है सवाईमाघोपुर में आज अपर महानिदेशक पुलिस बी एल सोनी ने पूलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के अपराध प्रकरणों की समीक्षा की